दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने एक बर्खास्त सहायक आरक्षक की हत्या की वहीं सुकमा जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सीबीएसई ने दसवीं के गणित और बारहवीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा दोबारा लेने का लिया फैसला प्रोफेसर शैलेन्द्र सराफ को द्र्ग विश्वविद्यालय का नया क्लपति नियुक्त किया गया श्रमिक छात्रवृत्ति प्रदेश में ठेका श्रमिक घरेलू महिला कामगार हमाल श्रमिक सफाई कामगार नाई और धोबी सहित पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी इसके तहत पांच सौ रूपये से लेकर पांच हजार रूपये तक की सालाना राशि दी जाएगी श्रम मंत्री भईया लाल राजवाड़े की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में श्रम विभाग की विशेष सचिव आर संगीता ने बताया कि निर्माणी क्षेत्र के श्रमिकों के समान ही असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को अनुदान और सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य की जनता को अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए छह महीने की कार्ययोजना बनाई जाएगी मुख्यमंत्री कल लोक सुराज अभियान के तहत जिला मुख्यालय महासमुंद में आयोजित दो जिलों गरियाबंद और महासमुंद की संयुक्त समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए आधार कार्ड केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा इकतीस मार्च से बढ़ाकर तीस जून कर दी है बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा व्यापक विचार विमर्श के बाद बढ़ाई जा रही है एनटीपीसी भारत का पहला और अत्याध्रनिक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम एनटीपीसी के सीपत प्लांट में लगाया जाएगा इसकी क्षमता आठ सौ मेगावाट की होगी एनटीपीसी सीपत के समूह महाप्रबंधक एके सामंता ने आज सीपत में पत्रकारों को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कोयले और पानी की खपत में पांच प्रतिशत की कमी होगी उन्होंने बताया कि एनटीपीसी का सीपत संयंत्र दो हजार नौ सौ अस्सी मेगावाट क्षमता का है इस संयंत्र में देश का सबसे पहला सात सौ पैंसठ केव्ही ट्रासमिशन नेटवर्क लगाया गया है इसमें वित्त वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह में करीब बाईस हजार छह सौ तिरपन मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया माओवादी समाचार दंतेवाड़ा जिले के मुसकेल गांव में बीती रात माओवादियों ने एक बर्खास्त सहायक आरक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी इस आरक्षक को चार महीने पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन जीएन बघेल ने इसकी पुष्टि कर दी है वहीं सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया

इस बीच बीजापुर जिले के भद्रकाली इलाके में गश्त के दोरान सुरक्षा बलों ने पांच माओवादियों को गिरफ्तार किया है ये सभी माओवादी विगत सात नवंबर को हुए बम विस्फोट की घटना में शामिल थे इस हमले में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया था सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है बोर्ड ने दसवीं के गणित और बारहवीं के इकोनॉमिक्स की परीक्षा दोबारा लेने का फैसला लिया है हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि यह परीक्षा किस दिन कराई जाएगी सीबीएसई ने यह नोटिस अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है नोटिस में कहा गया है कि इन परीक्षाओं की तारीखों का बाद में ऐलान किया जाएगा

ईडी ने वंदना विद्युत लिमिटेड की छह सौ तीन करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है प्रदेश में कोयला घोटाला मामले में ये अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है इस मामले में ईडी ने कंपनी के डायरेक्टर विनोद अग्रवाल गोपाल अग्रवाल और अंबरीश ग्प्ता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाये थे आरोप है कि इन्होंने कूटरचना के आधार कोल ब्लॉक हासिल किये थे इस मामले में सीबीआई भी जांच चल रही है आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर कंपनी ने सैंतीस करोड़ रूपये के अपने टर्नओवर को दो सौ अड़तीस करोड़ रूपये बता दिया था ताकि कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बताकर कोल ब्लाक हासिल कर सके गौरतलब है कि कोल ब्लाक के आवंटन की शर्तों में दो सौ सत्तर करोड़ रूपये का टर्न ओवर होना जरूरी था जो वंदना ग्रुप के पास नहीं था द्र्ग विवि कुलपति राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने प्रोफेसर शैलेन्द्र सराफ को दुर्ग विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है इस संबंध में राजभवन से आदेश जारी कर दिए गए हैं प्रोफेसर सराफ वर्तमान में रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेसी में कार्यरत हैं जीएसटी चेतावनी राज्य कर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यवसायी किसी द्रसरे व्यवसायी का जीएसटी नम्बर डालकर बिल जारी करेंगा तो उसके खिलाफ जीएसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम के तहत कर बिल अथवा बीजक जारी करने के लिए सुस्पष्ट और विस्तृत प्रावधान किए गए है हॉकी राजधानी रायपुर में आज से ऑल इंडिया नेहरू गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के मुकाबले शुरू हुए स्पर्धा का पहला मैच जिला हॉकी संघ कटनी और साई सुंदरगढ़ के बीच और दूसरा मैच ओटीएचएल एकादश और साई भोपाल के बीच खेला गया सात अप्रैल तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होंगे इस टूर्नामेंट में पुरुषों की चौबीस और महिलाओं की छह टीमें भाग ले रही हैं टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के अलावा रेलवे नागपुर पंजाब पुलिस इंडियन नेवी साई हॉस्टल महाराष्ट्र सुंदरगढ़ सहित कई नामी टीमें हिस्सा ले रही हैं संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री के लोक सुराज अभियान में व्यस्त होने की वजह से कल उनके रायपुर स्थित निवास में जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा जांजगीर चांपा में समाधान शिविर में उपस्थित नहीं रहने की वजह से शैक्षिक समन्वयक को निलंबित कर दिया गया है रायगढ़ में आज बर्खास्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टोरेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विगत पांच मार्च से हड़ताल पर है जिन्हें शासन के आदेश के बाद कल बर्खास्त कर दिया गया है वहीं महासमुद में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सत्रह विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और प्रदर्शन किया प्रदेश में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली सैकड़ों रसोइयों ने न्यूनतम वेतनमान घोषित करने सहित अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया कोरिया जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे के गिर जाने से हुई मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आज महिलाओं ने अस्पताल का घेराव किया धमतरी जिले की सिहावा पुलिस ने एक वाहन से एक सौ बयालीस किलो गांजा के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है

महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में गांजे की तस्करी के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से पुलिस ने पचास किलो गांजा जब्त किया है जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती कल मनाई जाएगी इस मौके पर राजधानी रायपुर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे नवजात शिशु को संक्रमित खून चढ़ाए जाने के मामले में केंद्रीय औषध और नियंत्रण संगठन की अनुशंसा के बाद दुर्ग जिले के भिलाई के सेक्टर नौ स्थित जवाहरलाल नेहरू अनुसंधान और चिकित्सा केंद्र के ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है